निर्वाचन आयुक्त पदभार नये मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज कहा कि उनकी प्राथमिकता देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है श्री अरोड़ा ने आज सुबह भारत के नये मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार संभाला श्री अरोड़ा सितंबर दो हजार सत्रह से निर्वाचन आयुक्त के तौर पर काम कर रहे थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में उनका कार्यकाल ढाई वर्षों का होगा और अगले वर्ष के आम चुनाव उनकी देखरेख में ही कराए जाएंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे श्री अरोड़ा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में सचिव के अलावा इंडियन एयरलाइन्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर भी कार्य कर चुके हैं निर्वाचन आयोग स्पष्टीकरण राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बयान जारी कर बताया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामलों में प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि किसी के खिलाफ भी पक्षपात पूर्ण तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हुई है आयोग ने यह बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग किसी के दबाव और पक्ष में काम नहीं करता है और सरकारी तंत्र का दुरूपयोग रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार इस दौरान बीते उन्नीस नवंबर को इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा पार्टी पदाधिकारी के फर्जी लेटर हेड में फर्जी जानकारी सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है इसी दिन कांग्रेस द्वारा फेक न्यूज के जरिए सामाजिक वैमनस्यता फैलाने और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की छवि ध्रमिल करने के बारे में प्राप्त शिकायत पर भी मामला दर्ज किया गया है वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा जयस्तंभ चौक में बिना अनुमति मंच निर्माण किए जाने के संबंध में कांग्रेस द्वारा की गई शिकायत पर भी कार्रवाई की गई है इसके अलावा आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों और नागरिकों से प्राप्त शिकायतों और स्थैतिक निगरानी दल तथा उड़नदस्ता दल की कार्यवाही के दौरान आबकारी अधिनियम के तहत दो हजार एक सौ पचहत्तर प्रकरण दर्ज किए गए जिनमें आबकारी विभाग द्वारा दो हजार एक सौ तैंतालीस मामले और पुलिस विभाग द्वारा बत्तीस मामलों में एफआईआर दर्ज किए गए हैं इसके अतिरिक्त अन्य उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से जो शिकायते प्राप्त हुई थी उन पर भी नियमानुसार कार्यवाही की गई है मतगणना प्रशिक्षण राज्य में विधानसभा चुनाव की मतगणना और परिणामों की घोषणा के लिए आठ दिनों का समय शेष रह गया है इसे देखते हुए मतगणना अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के कार्य ने भी गति पकड़ ली है इसी कड़ी में रायगढ़ में कल मास्टर ट्रेनरों ने रायगढ़ और जांजगीर चांपा जिले के रिटर्निंग अधिकारियों सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और मतगणना सहायकों को प्रशिक्षण दिया मास्टर ट्रेनर पुलक भट्टाचार्य ने प्रशिक्षण में अधिकारियों को मतगणना और परिणामों के घोषणा के बारे में विस्तार से जानकारी दी इन अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण निर्देशों से अवगत कराया गया इस अवसर पर रायगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी शम्मी आबिदी और जांजगीर चांपा के जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार बंसोड़ भी उपरिथित थे नकली नोट बरामद राजधानी रायपुर में पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है पुलिस ने छापेमारी में पांच करोड़ रूपए से ज्यादा कीमत के नकली नोट बरामद किए हैं इस मामले में एक युवा दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है पुलिस ने अनुसार यह दंपत्ति उनके एनजीओ को बडी बडी कंपनियों के उद्योग सामाजिक दायित्व सीएसआर मेद से करोडों रूपए का डोनेशन मिलने का झांसा देकर ठगी करते थे आरोपी पति पत्नी लोगों को नकली नोटों का वीडियो दिखाकर अपने जाल में फंसाते थे ये दोनों डोनेशन के नाम पर अलग अलग राज्यों के लोगों से डीलिंग कर ठगी करने की कोशिश कर रहे थे सिटी एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि राजेन्द्र नगर इलाके में अमलीडीह स्थित एक मकान में नकली नोट बनाने का कारोबार चलाने की जानकारी मिली थी इस आधार पर पुलिस ने आज जब छापा मारा तो यहां से पांच करोड़ रूपए से अधिक के दो दो हजार रूपए के नकली नोट के साथ इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर और अन्य सामग्री बरामद की गई है आरोपी निखिल कुमार सिंह बिहार का रहने वाला है आशंका जताई जा रही है कि इस मशीन के जरिए अब तक करोड़ों रूपए के नकली नोटों की छपाई की गई है पुलिस इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है

किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं अंदरूनी इलाकों में ड्रोन की मदद से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है साथ ही संदिग्ध लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है माओवादी हत्या राजनांदगांव जिले के मानपुर क्षेत्र में माओवादियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी है बताया जाता है कि माओवादियों ने इस घटना को मुखबिरी के शक में अंजाम दिया पुलिस के अनुसार बीती रात बेलगांव में हथियार बंद माओवादी इस ग्रामीण के घर पहुंचे और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक कमललोचन कश्यप मौके पर पहुंचे पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है

इसके तहत पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में बाल अधिकार विषय पर पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कल तीन दिसंबर से रायप्र में एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी तीन दिवसीय इस कार्यशाला में छत्तीसगढ़ सहित ओड़िशा मेघालय राजस्थान महाराष्ट्र दिल्ली तेलंगाना असम और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि शामिल होंगे छत्तीसगढ़ पुलिस के अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का उदघाटन पुलिस महानिदेशक एएन उपाध्याय करेंगे पुलिस उप महानिरीक्षक नेहा चंपावत ने बताया कि यूनिसेफ के सहयोग से होने वाली इस कार्यशाला के निष्कर्षो के आधार पर छत्तीसगढ़ पुलिस एकादमी और राज्य के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में बाल हितैषी पुलिस प्रणाली के लिए पाठ्यक्रम बनाकर लागु किया जाएगा मुख्य सचिव समीक्षा राज्य में मंत्रालय सहित शासन के सभी विभागों में सरकारी काम काज के लिए ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली को और भी अधिक व्यापक और प्रभावी तरीके से संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है इस सिलसिले में मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में मंत्रालय में डिजिटल सचिवालय परियोजना की बैठक आयोजित की गई बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली को और अधिक बेहतर बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए इस अवसर पर डिजिटल सचिवालय परियोजना के बारे में प्रस्तुतिकरण भी दिया गया इसमें बताया गया कि शासकीय पत्रों और परिपत्रों सहित विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान और भी अधिक तेजी से हो सके इसके लिए डिजिटल सचिवालय परियोजना चरणबद्व ढंग से लागू की जा रही है